मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश का जारी किया पूर्वानुमान

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नौ हजार सहायक प्रोफेसर की होगी नियुक्ति

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से रूक रूक कर बूंदाबांदी हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है मौसम पूर्वान्मान में कहा गया है कि पछुआ हवा अपने साथ नमी ला रही है जिसके प्रभाव से बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है इस फैसले के बाद प्रदेश में नौ हजार सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है कुलाधिपति कार्यालय ने सभी विश्वविद्यालयों को रिक्तियों की सूची शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शहीद जवानों की याद में पटना में एक स्मारक स्थल बनाया जायेगा पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि शहीदों को सम्मान देने के लिए एक खास दिन का निर्धारण होगा उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार को यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसकी जानकारी सरकार को दें ताकि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा आज एक दिन के दौरे पर पटना आ रहे हैं श्री नड़डा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कोर कमिटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे भाजपा अध्यक्ष वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर सिवान गोपालगंज और अरवल सहित ग्यारह जिलों में पार्टी के नये कार्यालय भवन का भी उद्घाटन करेंगे श्री नड्डा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात का कार्यक्रम है उच्चतम न्यायालय राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में वर्ष दो हजार दस में दिये अपने फैसले पर प्नर्विचार करने के लिए तैयार हो गया है इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच किये गये मामलों में बरी होने के बाद राज्य सरकार को ऐसे मामलों में अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को वृहद पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया है प्रवर्तन निदेशालय ने भोजप्र जिले के शराब माफिया संजय प्रताप सिंह की एक करोड़ बत्तीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को जब्त किया है संजय प्रताप सिंह आरा के चर्चित शराब कांड में इक्कीस लोगों की हुई मौत के मामले का सजायाफ्ता है वहीं ईडी की टीम ने कुख्यात नक्सली अरविंद यादव की एक करोड़ चौदह लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है अरविंद यादव जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र का रहने वाला है बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री का सलाहकार निय्रक्त किया गया है वे उन्नीस सौ तिरासी बैच के अधिकारी थे शिक्षा विभाग ने चौदह हड़ताली शिक्षकों को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है ये सभी शिक्षक पटना जिले के हैं इन सभी पर मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहंचाने का आरोप है इधर आज छठे दिन भी नियोजित शिक्षकों की हड़ताल जारी है राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि समान काम समान वेतन और सेवा शर्त समेत सात सूत्री मांगों को लेकर चौबीस फरवरी को पटना में राज्य भर के शिक्षक जूटेंगे मैट्रिक परीक्षा के कल पांचवें दिन बयालीस परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया इनमें सबसे अधिक दस परीक्षार्थी पटना से निष्कासित किये गये वहीं गया में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे तीन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने प्रदेश के दो निजी बीएड कॉलेजों की मान्यता रदद कर दी है इनमें से एक गया और एक बिहारशरीफ का कॉलेज है वहीं बेगूसराय के दो तथा दरभंगा और पटना के एक एक कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है परिषद् ने वैशाली मुजफ्फरपुर पटना और बिहारशरीफ के एक एक कॉलेजों की मान्यता को प्रनर्बहाल कर दिया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा नियुक्ति की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है यह परीक्षा छब्बीस अप्रैल को पटना भागलपुर दरभंगा और मुजफ्फरपूर जिलों में आयोजित की जायेगी सीबीएसई ने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दो मार्च तक बढ़ा दी है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है चौंसठवीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जुलाई में आयेगा जबकि छियासठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का आयोजन जून में होगा प्रदेश के सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पॉक्सो सेल का गठन होगा

मैथिली और हिन्दी की जानीमानी कवियित्री वीणा कर्ण के निधन पर साहित्य जगत से जूड़े लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है वीणा कर्ण को मैथिली भाषा के उत्थान के लिए किये गये कार्यों के लिए जाना जाता है वे साहित्य अकादमी की भी सदस्य रह चूकी थीं कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत किया है समाज कल्याण विभाग सभी बालिका ग्रहों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगायेगा विभागीय सूत्रों ने बताया कि तेरह बालिका गृहों में इस योजना की शुरूआत की जायेगी पटना जिले धनरूआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरहर नदी के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी को हथियार का भय दिखाकर पौने तीन लाख रुपये लूट लिये सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो सौ पचास कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बड़े भवनों में बिजली की अत्यधिक खपत को रोकने के लिए सरकार लायेगी नई नीति राष्ट्रीय सहारा लिखता है मूख्यमंत्री ने दी डीजीपी को नसीहत कहा शराबबंदी पर भाषण तो अच्छा देते हैं इसे कड़ाई से लागू भी कराईये दैनिक जागरण की सुर्खी है भीम आर्मी द्वारा कल बुलाये गये भारत बंद को राजद का भी समर्थन दैनिक भास्कर लिखता है बारह जिलों में सड़क हादसे की मृत्यु दर सतहत्तर से इक्यानवे प्रतिशत प्रभात खबर की सुर्खी है केन्द्र सरकार ने गरीबी का अनुमान लगाने के लिए शुरू किया सर्वे दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने महाशिवरात्रि से जूड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश का जारी किया पूर्वान्मान

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नौ हजार सहायक प्रोफेसर की होगी निय्रक्ति